इधर राज्य में मेडिकल सेवाओं के अतिरिक्त सभी प्रकार के निजी और सरकारी परिवहन के साधन पूरी तरह बंद रहेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के संक्रमण को देखते हुए मनरेगा के कार्यो को भी स्थगित कर दिया गया है इसके अलावा अस्पतालों में भर्ती कोविड संक्रमितों की देखभाल के लिए अटेन्डेन्ट के संबंध में चिकित्सा विभाग अलग से गाइडलाइन जारी करेगी

बीकानेर पूर्व से विधायक सिद्धी कुमारी ने पीबीएम अस्पताल में ऑक्सीजन जेनरेशन प्लांट लगाने के लिए एक करोड रुपये की राशि स्वीकृत की है

इधर प्रशासनिक अधिकारी भी युवाओं के निःशुल्क टीकाकरण के लिए अपना सहयोग दे रहे हैं बीकानेर जिला कलेक्टर नमित मेहता ने टीकाकरण के लिए अपना एक माह का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष कोविड वैक्सीन खाते में जमा करवाया है श्रीगंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ ने टीकांकरण के लिए तीन करोड रुपये की स्वीकृति दी है

उन्होंने कहा कि इससे कोरोना रोगियों के लिए ऑक्सीजन की उपलब्धता बढेगी

भरतपुर जिले में गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर करीब एक दर्जन से अधिक द्कानों और मोटर साइकिल के शोरूम को सीज किया गया है

फिलहाल बच्चे को सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है

इस दौरान आंधी चलने के साथ बारिश हो सकती है